झारखंड सरकार के हस्तक्षेप के बाद संताल परगना के ग्यारह हजार आठ सौ पंद्रह श्रमिकों को सीमा सडक संगठन बीआरओ के लिए पूरे अधिकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा लॉकडाउन के कारण लेह लद्दाख से लौटे प्रवासी मजदूरो की आपबीती सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने वैधानिक शर्तो और श्रमिकों को सभी लाभ देने के लिखित सहमति मिलने के बाद श्रमिकों को ले जाने की अनुमति बीआरओ को दी है

बीआरओ और उपायुक्त के बीच पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ही श्रमिक जाएंगे

श्री शाह आज ओडिषा के भाजपा कार्यकत्ताओं को वर्चअल जनसभा के माध्यम से संबोधित कर रहे थे

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ वर्चअल जनसंवाद कर रहे है

इसी कम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने धनबाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया जबकि चतरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित किया इसके अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेष अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्र कुमार राय ने रामगढ़ और पूर्व प्रदेष अध्यक्ष डॉक्टर दिनेषानंद गोस्वामी ने कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति में हर सेक्टर के लोगों को रोजगार मुहैया कराये जाने की आवष्यकता पर बल दिया है श्री दास ने आज जमषेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बनायी गयी नीतियों को राज्य सरकार अमल में लाकर प्रवासी और हुनरमंद युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकती है

श्री सिन्हा ने आज रांची में ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

पाकुड जिले में आज बारह कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हई है

जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि सभी संक्रमित मरीज पहले से क्वारंटाइन सेंटर में भर्त्ती थे चतरा जिले के भी कान्हाचट्टी और मयूरहंड प्रखंड से पांच कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूर थे और दूसरे राज्यों से आर्न के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था

इसके अलावा जामताड़ा और कोडरमा जिले में अठ्ठारह अठ्ठारह नये संक्रमित मिले है जबकि देवघर में पांच खूंटी में तीन गुमला में दो और लोहरदगा में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले है सिमडेगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखे गए एक प्रवासी मजदूर की तबीयत खराब होने के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया ओ पी डी में ईलाज के दौरान उसे कोरोना संक्रमित पाया गया सिविल सर्जन डॉक्टर पी के सिन्हा ने मरीज को सदर अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा बीरू के शांति भवन मेडिकल सेन्टर स्थित कोविड अस्पताल में आईसोलेशन के लिए भेज दिया है इधर इस प्रवासी मजदूर का इलाज कर रहे डॉक्टर और मेडिकल टीम को क्वॉरेंटाइन किया गया है

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा जारी रहेगी अस्पताल परिसर में सैनिटाइजेशन किया गया है

चिकित्सकों ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम पोस्टनेटल और एस एन सी यू वार्ड में कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई है इसके बाद चिकित्सकों और नर्सों ने काम करना बंद कर दिया है जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है चिकित्सकों के एक शिष्टमंडल ने आज जिले के उपायुक्त शशिरंजन से मिलकर पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का आग्रह किया

इनमें से बारह को एचजेडबी आरोग्यम में बने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल से मुक्त किया गया वहीं एक मरीज को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मुक्त कर घर भेजा गया एचजेडबी आरोग्यम से ठीक होकर घर गए लोगों को एक एक नीम का पौधा दिया गया इसके पूर्व चिकित्सकों और कर्मियों ने कोरोना को मात देने वाले वीरों का ताली बजाकर अभिवादन किया ठीक हुए मरीजों ने भी अस्पताल को चिकित्सकों एवं कर्मियों के प्रति आभार जताया आज तेरह लोगों के ठीक होने के साथ ही हजारीबाग में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या तिहत्तर हो गई है अब जिले में छियालीस मरीजों का इलाज किया जा रहा है इधर पलामू जिले में भी कोरोना को मात देकर पीएमसीएच से आज आठ मरीज अस्पताल से घर वापस लौट गये इन सभी मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें पलामू चिकित्सा महाविद्यालय से छट्टी दे दी गयी इनमें से छह प्रुष और दो महिलाएं शामिल है और ये सभी हुसैनाबाद पांडू सदर और तरहसी प्रखंड के रहने वाले है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

गिरिडीह के अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कमार ने बताया कि अंतरराज्यीय छापेमारी की जा रही है गिरिडीह जिले की र्भलवाघाटी थाना पुलिस के साथ अर्द्व सैन्य बलों द्वारा नक्सलियों की धरपकड़ के लिए जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है गौरतलब है कि झारखंड बिहार की सीमा पर चकाई थाना के बोंगी गांव में भाकपा माओवादियों के द्वारा तीन जेसीबी मशीन को कल रात जला दिया गया और मषीन चालक के साथ मारपीट भी की गयी झारखंड कराटे एसोसिएशन द्वारा राज्यस्तरीय कराटे चैंपियनशिप आगामी तेरह जून से ऑनलाइन आयोजित की जा जाएगी

प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए महासचिव सुनील किस्पोट्टा के नेतृत्व में छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है इस प्रतियोगिता में तेरह जिलों के लगभग पांच सौ खिलाड़ी भाग लेंगे प्रतियोगिता में रांची लातेहार बोकारो धनबाद लोहरदगा गुमला जमशेदपुर हजारीबाग रामगढ़ चतरा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे राज्यसभा चूनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गयी है झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दल अलग अलग बैठक कर रहे है इसी कम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा की बैठक में उन्नीस जून को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार शहजादा अनवर की विजय सुनिश्चित कराने को लेकर चर्चा हई उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक नहीं अनेक बार चुनाव के परिणाम संख्या बल के विपरीत भी सामने आए श्री आलम ने बताया कि उम्मीदवार देने से पार्टी की ओर से निर्दलीय और अन्य समान विचाराधारा वाले दल तथा विधायकों से बात की गयी थी और उनका आश्वासन भी पार्टी को मिला है इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी लगातार विचार विमर्ष में जुटे है

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा रबीद्र नाथ महतो ने परिसर के पूर्वी छोर गेट नंबर एक के समीप कल्पतरु का व्रक्ष लगया